केंद्र सरकार ने ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस लिया

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

आपको बता दें कि कल वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाली दरों में कटौती की घोषणा की थी झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने कई विभागों के सचिवों एवं उपायक्तों से मांगे गए जांच प्रतिवेदन अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी है समिति ने इसे गंभीरता से लिया है

इस तिथि पर जांच प्रतिवेदन नहीं आने पर सचिव एवं उपायुक्त को समिति के समक्ष अगली तिथि पर सशरीर उपस्थित होकर जवाब देना पड़ेगा यह निर्णय बुधवार को प्राक्कलन समिति के सभापति दीपक बिरूआ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया समीक्षा बैठक में विधायक डॉ लंबोदर महतो भी शामिल हुए दीपक बिरूआ ने स्पष्ट किया कि समिति औपचारिकता निभाने के लिए बैठक नहीं करती है और ऐसी मंशा रखने वाले अधिकारी सावधान हो जाएं लापरवाही को समिति ने गंभीरता से लिया है राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को चार सौ पचीस रूपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहली अप्रैल से टोल टैक्स के शुल्क में बढ़ोत्तरी की है हमारे धनबाद संवाददाता ने खबर दी है कि आज से मैथन टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की बढ़ी हुई दर में टैक्स चुकाना होगा

हालांकि कार जीप या हल्के छोटे वाहनों को टोल प्लाजा से एक बार गुजरने में राहत दी गई है

हालांकि पिछले वर्ष की तरह आयुष मंत्रालय देश के विभिन्न भागों और विश्व के कोने कोने से योग के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले अज्ञात लोगों तथा संस्थानों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा यह पुरस्कार सरकार के माई गोव प्लेटफार्म पर आयोजित होगा और इसमें भारतीय मूल की संस्थाओं के लिए दो राष्ट्रीय श्रेणियां और भारतीय या विदेशी मूल की संस्थाओं के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियां होंगी

झारखंड में भी इस आय वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है

पहले दिन जिले में इस समूह के पांच हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है टीका लगाने के लिए केंद्र पर आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा सरायकेला खरसावां धनबाद बोकारो पूर्वी सिंहभूम समेत विभिन्न जिलों टीकाकरण में तेजी आयी है

उधर कल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक कर कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने और वैसे जगहों पर टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश दिया राज्यों से कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के के सोन ने पदाधिकारियों को कोविड टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में संकमण के अधिक मामले आ रहे हैं उन जगहों पर अधिक से अधिक टीकाकरण अभियान चलायें वे कल कोरोना की जांच उपचार और टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया स्वास्थ्य सचिव ने बाहर से आने वालों की हर हाल में जांच करने का निर्देश दिया इसके लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था करने को कहा धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापक छात्र छात्राएं शैक्षणिक एवं अन्य कर्मियों की कोरोना जांच आरटी पीसीआर के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि विगत दिनों में धनबाद जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए उचित प्रबंधन एवं सघन जांच आवश्यक है उन्होंने बताया कि आज से आईआईटी आईएसएम एस एस एल एन टी महिला महाविद्यालय और पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में आरटी पीसीआर के माध्यम से कोरोना जांच करायी जायेगी

दक्षिण कश्मीर में हिमालय की गुफाओं में स्थित श्री अमरनाथ की वार्षिक धार्मिक यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है

इस बात की जानकारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने दी उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक की देशभर में फैली चार सौ छियालिस निर्दिष्ट शाखाओं के जरिए पंजीकरण होगा

इसके पूर्व गृह स्वामी बूधन राय को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने स्पष्ट कहा है कि खिड़कियां मोड़ निवासी बुधन राय के घर बीते सप्ताह सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि जिलेटिन व डिटोनेटर विस्फोट हुआ था गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि घटना के दिन बुधन राय ने सिलेंडर विस्फोट होने का नाटक किया था उसके घर में पूना महतो दो पेटी जिलेटिन और डिटोनेटर रखा था